कांग्रेस ने बगावत पर उतरे अपने विधायक और मंत्रियों से अपील की है कि वे विधायकदल की बैठक में शामिल हों अब से क्छ देर पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा अन्य मंत्री और विधायकों को बैठक में पहुंचना चाहिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट और अन्य नेताओं से कई बार बातचीत की है श्री सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें फोन कर यह सुचित करना चाहिए कि वे कब तक बैठक में पहंचेंगे उन्होंने कहा कि यदि कोई मतभेद है तो वे पार्टी के फोरम पर रखें

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है विधायक देल की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के अलावा निदर्लीय तथा अन्य पार्टियों के विधायक पहुंचे हैं यह बैठक पहले सुबह साढे दस बजे होनी थी लेकिन समय लगातार आगे बढता जा रहा है

सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंकों और डाकघरों को धन निकालने वाले खाताधारक का सिर्फ पैन नम्बर दर्ज करना होगा और इससे स्रोत पर आयकर कटौती की दर का पता चल जाएगा

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया

परिणामों में छात्राओं र्ने बाजी मारी

पुलिस ने बताया कि जिले के नोखा में आरोपी ने बीकाजी फूड के नाम से नकली प्लांट लगा रखा था और यहां बनाया गया माल दूर दराज के इलाकों में चोरी छिपे बेचता था पुलिस ने कॉपी राइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है

इस दौरान कई नामी लोगें के प्रतिष्ठानों पर दस्तावेजों और सम्पत्तियों को खंगाला जा रहा है

मौसम विभाग के अनुसार कल रात जयपूर सहित पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश हुई

विभाग ने अगले दो दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है